राजगीर स्थित नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में तीन और नये स्कूलों की शुरूआत की जायेगी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डाक्टर विजय भटकर की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के गवर्निंग बोर्ड की बारहवीं बैठक में यह निर्णय लिया गया बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालय अपने नवनिर्मित भवन में जुलाई में स्थानांतरित हो जायेगा विश्वविद्यालय में पढ़ाये जा रहे सभी विषयों में पीएचडी पोस्ट डॉक्टरल और शोध के पाठ्यक्रम श्रू किये जायेंगे विश्वविद्यालय में फिलहाल चार स्कूल चल रहे हैं सुजन घोटाला मामले में सीबीआई ने भागलपूर से बैंक आफ बड़ौदा की घंटा घर शाखा की तत्कालीन प्रबंधक को गिरफ्तार किया है प्राप्त जानकारी के अनुसार सीबीआई गिरफ्तार प्रबंधक से पूछताछ कर रही है सृजन घोटाले में सीबीआई ने अब तक चार एफआईआर दर्ज की है जिनमें से एक एफआईआरमें तत्कालीन बैंक प्रबंधक को भी मुख्य आरोपी बनाया गया है इसी आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गयी है राज्य में मई जून महीने में अभी तक औसत से कम बारिश हुई है इस कारण पटना समेत तैंतीस जिलों में सूखा का संकट गहराता जा रहा है बारिश नहीं होने के कारण धान का बीज डालने का काम काफी धीमा है कृषि वैज्ञानिक नवीन कुमार सिन्हा ने बताया कि बिचड़ा लगाने का काम आर्द्रा नक्षत्र में ज्यादा होता है रोहिणी नक्षत्र में भी किसान बीज डालते हैं लेकिन लंबी अवधि के बीज डालने का सही समय अभी है और अगर बारिश नहीं होती है तो नुकसान होगा इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में सुखा से निपटने का निर्देश दिया और किसानों को राहत पहुंचाने के लिए हरसंभव प्रयास करने को कहा है गया जिले के डोभी थाना क्षेत्र से पुलिस ने विस्फोट सामग्री के जखीरे के साथ तीन माओवादियों को गिरफ्तार किया है एएसपी नक्सल अरुण कुमार सिंह और डीएसपी रविश कुमार ने बताया कि पुलिस और कोबरा जवान की संयुक्त कार्रवाई में माओवादियों के गिरफ्तारी हुई है उनके पास से बत्तीस जिलेटिन तीन सौ पचहत्तर डेटोनेटर और नक्सली साहित्य बरामद किया गया है उन्होंने कहा कि नक्सलियों से पूछताछ की जा रही है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आयुष्मान भारत योजना समेत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों की प्रगति की समीक्षा की नई दिल्ली में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को और अधिक समावेशी बनाने के लिए इनमें उन पात्र परिवारों को भी शामिल करने की जरूरत है जो इसके दायरे से बाहर रह गये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री की यह योजना देश के गरीबों और वंचितों के लिए है केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों से कहा है कि वे देश में सभी शिक्षण संस्थानों में रिक्त स्थानों को भरने के लिए एक कार्ययोजना तैयार करें नई दिल्ली में मंत्रालय की समीक्षा बैठक में उन्होंने सभी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों के अनिवार्य प्रशिक्षण पर भी जोर दिया चुनाव ड्यूटी के दौरान हिंसा में सरकारी कर्मियों की मौत होने पर उनके परिजनों को तीस लाख रूपये का मुआवजा मिलेगा वित्त विभाग ने निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर मुआवजा भुगतान दर में संशोधन किया है प्राप्त जानकारी के अनुसार चुनाव कार्य के लिए प्रतिनियुक्ति कर्मी की ड्यूटी के दौरान मौत होती है तो उनके परिजनों को पन्द्रह लाख मुआवजा दिया जायेगा इसके साथ ही स्थायी विकलांगता जैसे अंग भंग अंधापन आदि होने पर साढ़े सात लाख रूपये मिलेंगे लोकसभा चु्नाव के लिए केन्द्र सरकार और विधानसभा चुनाव के लिए राज्य सरकार मुआवजा राशि का भुगतान करेगी राज्य सरकार सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ी करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से आरा सोन नहर का पक्कीकरण करेगी इसके लिए कार्ययोजना तैयार कर ली गयी है इसमें कुल तैंतीस सौ करोड़ रूपये खर्च होने के अनुमान है आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मूख्य नहर शाखा नहर और वितरनियों सहित बारह सौ किलोमीटर का पक्कीकरण किया जायेगा योजना के तहत नहर के तल और किनारों का भी पक्कीकरण होगा इस योजना के पूरा होने से दो लाख छत्तीस हजार हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई के लिए आसानी से पानी पहुंच सकेंगे इससे भोजपुर रोहतास और बक्सर जिलों के किसानों को लाभ मिलेगा राज्य के बीस हजार स्कूलों के परिसरों में अब हरी सब्जियों की खेती की जायेगी और इस काम में बच्चों का सहयोग भी लिया जायेगा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 चयनित स्कूलों में पोषण वाटिका विकसित की जायेगी और इसमें उपजी सब्जियों का इस्तेमाल मध्याहन भोजन में किया जायेगा मध्याहन भोजन योजना के निदेशक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि पोषण वाटिका से जहां बच्चों को जैविक ढंग से तैयार सब्जियां खाने को मिलेगी वहीं उन्हें खेती किसानी व्यावहारिक जानकारी दी जायेगी उन्होंने कहा कि खेती का सामान खरीदने के लिए प्रति स्कूल पांच पांच हजार रूपये भी दिये जायेंगे पटना जिले के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे कक्षा एक से आठ तक के छात्र छात्राओं के बीच बाईस से तीस जून तक किताबों का वितरण किया जायेगा इसका वितरण जिला शिक्षा कार्यालय सीआरसी और बीआरसी कार्यालयों की ओर से किया जायेगा एपीओ और पाठ्य पुस्तक प्रभारी दिलीप कुमार सिन्हा ने बताया कि इस संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिये गये हैं बारह से सोलह जून के बीच जिला शिक्षा पदाधिकारी मांग पत्र देंगे उसी आधार पर पुस्तकों का वितरण किया जायेगा उन्होंने कहा कि जिन बच्चों को पुस्तक खरीदने के लिए अभी राशि नहीं मिली है उनके खाते में दस जून तक राशि भेज दी जायेगी पटना जिले में आगामी पन्द्रह जुलाई से तीन नये सीएनजी स्टेशनों की शुरूआत होगी गेल इंडिया लिमिटेड के सूत्रों ने बताया कि सग्ना मोड़ जीरो माईल और नौबतपूर में सीएनजी स्टेशन खोले जायेंगे उधर पटना में दो सीएनजी स्टेशन पहले से ही चल रहे हैं मुजफ्फरपुर जिले में पिछले तीन दिनों में चमकी बुखार से मरने वाले बच्चों की संख्या ग्यारह पहुंच गयी है जबकि पिछले एक महीने में सोलह बच्चों की मौत हो चूकी है जिले के विभिन्न अस्पतालों में अभी चौदह बच्चों का इलाज किया जा रहा है आज के सभी समाचार पत्रों ने आरबीआई के निर्णय को प्रमुख सूर्खी बनाया और आंकड़ों के साथ इससे जुड़े तथ्यों की जानकारी दी है हिन्दुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है बैंक से ऑनलाईन पैसे मुफ्त में भेज सकेंगे जबकि दैनिक जागरण का शीर्षक है आरबीआई ने सस्ता किया कर्ज अब बैंकों की बारी हिन्द्रस्तान ने राज्य में गहराते जल संकट का शीर्षक बनाया है पटना समेत तैंतीस जिलों पर सूखा संकट दैनिक जागरण की दूसरी प्रमुख सुर्खी है शाह आठों मंत्रिमंडलीय समितियों में शामिल बिहार से जूड़े रामविलास पासवान और रविशंकर प्रसाद को भी मंत्रिमंडलीय समितियों में शामिल करने को तरजीह दी गयी है प्रभात खबर ने रोजगार से जुड़ी खबरों की सुर्खी बनाते हुए लिखा है सहायक अभियंता व्याख्याता प्राचार्य व सहायक वन संरक्षक के एक हजार अठारह पदों पर जल्द होगी नियुक्ति दैनिक भास्कर की सुर्खी है कटिहार में कैश वैन से तीन मिनट में पचास लाख लूटे इसके अलावा अब ममता बनर्जी के लिए काम करेंगे प्रशांत किशोर छत पर फल सब्जी उगाने के लिए पच्चीस हजार रूपये अनुदान और कानून व्यवस्था को लेकर सीएम आज करेंगे समीक्षा बैठक से जुड़ी खबरों को प्रमुखता मिली है